शिमला से आज एक वर्चअल बैठक में उन्होंने कहा कि इस समय माइको कंटेनमेंट जोन के माध्यम से प्रभावी निगरानी कर कोविड मामलों की टैस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रिटमेंट बहत जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोरोना वैक्सीन की कम से कम बर्बादी हो

जयराम ठाकर ने कहा कि प्रदेश में दवाईयों चिकित्सा उपकरणों और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है उन्होंने डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को अस्पताल में कोरोना रोगियों के साथ प्रभावी संपर्क सुनिश्चित करने का आहवान किया मुख्यमंत्री ने पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों से होम आईसोलेशन में रह रहे मरीजों पर निगरानी रखने का अनुरोध भी किया इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने आयुष विभाग को स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करने का आहवान किया

शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकर ने आज कल्लू जिले के नेचर पार्क बवेली में आयोजित एक कार्यक्रम में ये जानकारी दी

गोविंद ठाकर ने कहा कि इस परियोजना के माध्यम से जिले में भी लोगों को पौधरोपण वनों की देखभाल प्रबंधन व वनों पर आधारित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है इस मौके पर उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को हथकरघा गतिविधियों को बढावा देने के लिए विभिन्न उपकरण भी भेंट किए कंवर पंचायती राज व पश पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में कटलैहड विघानसभा क्षेत्र के बौल में शक्ति जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ किया इस केंद्र में स्वयं सहायता समूह के उत्पाद बिकी के लिए रखे गए हैं ताकि महिलाँ सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके इस मौके पर वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने हिमईरा के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उच्च मार्गो के किनारों ऐसे सौ से अधिक आउटलेट खोलने का निर्णय लिया है इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने सिंहाणा में निर्माणाधीन विश्राम गृह का निरीक्षण भी किया

इस संबंध में आज उन्होंने कांगडा के उपायक्त को एक पत्र भी भेजा

वन मंत्री ने लोगों से कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करने का आग्रह भी किया है

हंसराज ने अधिकारियों को जिले में चल रही वैक्सीनेशन प्रक्रिया में अध्यापकों की सेवाए लेने के संबंध में प्रशासन को शड्यूल तैयार करने के आदेश भी दिए राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने आज शिमला स्थित पार्टी मुख्यालय में कोरोना प्रभावित लोगों की सेवा के लिए स्थापित गांधी हेल्पलाइन का शुभारंभ किया इस मौके पर उन्होंने कहा कि ये हेल्पलाइन शिमला व मंडी संसदीय क्षेत्र जबकि कांगड़ा में स्थापित गांधी हेल्पलाइन कांगड़ा व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के कोरोना पीड़ित लोगों की मदद करेगी राठौर ने कहा कि कोरोना के इस दूसरे दौर में सरकारी व्यवस्था अस्त व्यस्त होकर रह गई है और सरकार अपनी सुविधा अनुसार फैसले बदल रही है सुक्ख कांग्रेस विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार से अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तर बढ़ाने और वेंटीलेटर चलाने के लिए पर्याप्त स्टॉफ तैनात करने का आग्रह किया है एक बयान में उन्होंने कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री को केंद्र नहीं बल्कि अपने विवेक से काम करना चाहिए सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार के पास जीवनरोधी दवाओं का कितना स्टॉक है यह सार्वजनिक किया जाना चाहिए उन्होंने सरकार को संकमण रोकने के लिए अधिक से अधिक सख्ती बरतने और चोरी छिपे हो रहे सामाजिक आयोजनों पर भी रोक लगाने का सुझाव दिया है